प्रधानमंत्री ने कहा कि समन्वित संगठित और आर्थिक रूप से विकसित आसियान भारत के बुनियादी हित में है श्री मोदी ने आगे कहा कि संपर्क का विस्तार और भारत आसियान एकीकरण एक्ट ईस्ट नीति की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं उन्होंने यह भी कहा कि भारत थल समुद्री और हवाई सम्पर्क के अतिरिक्त डिजिटल संपर्क के माध्यम से इस भागीदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कृषि विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण में भागीदारी के लिए तैयार है शपथ ग्रहण राज्यपाल लालजी टंडन ने आज राजभवन में जस्टिस अजय कुमार मित्तल को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने शपथ विधि कार्यवाही का संचालन किया

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री कमल नाथ विधानसभा अध्यक्ष एनपीप्रजापति विधि विधायी कार्य मंत्री पीसी शर्मा सहित अधिवक्तागण विधि विधायी कार्य विभाग सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे विधायक सदस्यता पन्ना जिले की पवई विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है श्री लोधी के खिलाफ एक आपराधिक मामले में भोपाल की विशेष अदालत ने शुक्रवार को दो साल की सजा सुनाई थी विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त करने के आदेश जारी किए सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी करने के बाद अब भारत निर्वाचन आयोग को रिक्त सीट की सूचना भेजी जाएगी श्री लोधी की सदस्यता समाप्त होना भाजपा के लिये एक झटका मानी जा रही है नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने आरोप लगाया है कि सरकार के दबाव में यह कार्यवाही की गई है गौशालाएं राज्य के पश्पालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने कल शिवपुरी जिले के नरवर विकासखंड निजामपुर में गौशाला का लोकार्पण करते हुए कहा कि प्रदेश में गौवंश संरक्षण के लिये बनायी जा रही गौशालाओं का कार्य दिसंबर तक पूरा हो जाएगा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

पहलवान मौत सिवनी जिले के बेलटोला गांव में आयोजित दंगल में कुश्ती लड़ते समय एक पहलवान की तबीयत बिगड़ गयी और बाद में उसकी मौत हो गयी मिली जानकारी के अनुसार भोमाटोला गांव के सोनू पहलवान कल रात बेलटोला गांव में चल रहे दंगल में कृश्ती लड़ रहे थे तभी उनकी तबीयत बिगड़ गयी उपचार के लिये एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया ट्वेंटी ट्वेंटी भारत और बांग्लादेश के बीच तीन ट्वेंटी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम सात बजे से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा इस श्रृंखला में विराट कोहली को आराम दिया गया है लिहाजा रोहित शर्मा भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे बांग्लादेश की टीम में साकिब अल हसन नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उन पर आईसीसी ने दो वर्ष का प्रतिबंध लगाया है सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल भी मेहमान टीम में नहीं हैं

इस मौके पर श्री कमलनाथ ने विजावर क्षेत्र के पिछड़ेपन पर चिंता जताई कार्यकम में आज राज्य सरकार के कई मंत्री उपस्थित रहे

उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये

यह विद्यालय दरबार कोठी स्थित भवन में शुरू किया गया है जहां पहली से पांचवी कक्षाओं का संचालन होगा